आदि महोत्सव उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू ने कहा है कि जनजातीय संस्कृति को कायम रखना हमारा कर्तव्य है मंडला जिले में स्थित ऐतिहासिक स्थल रामनगर में दो दिवसीय आदिवासी महोत्सव के शुभारंभ के बाद श्री नायडू ने कहा कि भारत का मूल निवासी आदिवासी ही है उन्होंने कहा कि आदिवासियों से हमें प्रकृति के साथ जीवनयापन करने और आगे बढने की प्रेरणा मिलती है

इनमें अधिकांश भाषा जनजातिय है उन्होंने कहा कि स्थानीय विश्वविद्यालय इनके संरक्षण और संवर्धन का केंद्र बने उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में जन्म देने वाली माँ जन्मभूमि मातृभाषा और देश को कभी नहीं भूलना चाहिए आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने और उससे युवाओं को परिचित कराने के लिए आयोजित किए जा रहे आदिवासी महोत्सव की श्री नायडू ने सराहना की उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से आदिवासी शिल्प संगीत कला व संस्कृति आदि का प्रदर्शन किया जाता है इस अवसर पर केन्द्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटैल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे मोदी वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे यह रेलवे के उपकम आईआरसीटीसी की तीसरी कॉर्पोरेट ट्रेन है यह काशी से कानपुर के रास्ते उज्जैन होते हुए इंदौर पहुंचेगी इंदौर से भी इस ट्रेन का संचालन इस तरह से किया जाएगा जिससे अगले दिन सुबह वाराणसी में श्रद्वालु काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे आईआरसीटीसी ने एक बयान में कहा है कि काशी महाकाल एक्सप्रेस से श्रद्वालु इंदौर के समीप स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन के महाकालेश्वर और वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ तीर्थस्थल से जुड़ेंगे समाधान योजना समाधान योजना के कियांवयन में टीकमगढ़ जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के तहत आय निवास और खसरा की नकल तत्काल दी जाती है

एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन खान पान पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं

वे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का स्थान लेंगे श्री शर्मा का नियुक्ति पत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने आज जारी किया

वे परिषद में विभिन्न पदों पर रहे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी उनके प्रगाढ़ संबंध रहे हैं

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट संदेश के जरिए श्री शर्मा को अध्यक्ष बनाये जाने पर बधाई दी है

आज एक ट्वीट में श्री मोदी ने इन छात्रों से परीक्षा में प्रसन्न और तनावमुक्त होकर शामिल होने की सलाह दी उन्होंने कहा कि महीनों की कड़ी मेहनत और तैयारी से निश्चित रूप से सफलता मिलेगी अध्ययन दल जनजातीय कलाकारों की कला का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ानें के उददेश्य से आयरलैण्ड से दो सदस्यीय दल उमरिया जिले में अध्ययन हेतु आया है अध्ययन दल ने बताया कि वे उमरिया और डिण्डौरी जिले के जन जातीय कला को पूरे यूरोप में प्रसारित करने हेतु एक प्रोजेक्ट के तहत कार्य कर रहे हैं यहां के कलाकारों द्वारा निर्मित कलाकृतियों को स्थानीय कलाकारों से खरीदकर यूरोप में उसकी प्रदर्शनी लगाई जाने हेतु और उनका विक्रय किया जाएगा

राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर में तेज धूप खिली हुई है इससे दिन में जहां लोगों को गर्मी का अहसास होने लगा है हालांकि रात में अब भी ठंड का असर बरकरार है